इसे ऐतिहासिक कार्यक्रम बताते हुए श्री गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि नाम की इस योजना से सहायता राशि सीधे किसानों के खाते में जाएगी इस योजना के तहत जो छोटी जमीन रखते हैं उन सभी को उनके इनकम में स्पोट डायरेक्ट इनकम स्पोट छह हजार रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से देने का निर्णय सरकार ने किया है

केन्द्र सरकार की इस योजना को पिछले साल पहली दिसम्बर से लागू किया जा रहा है

बजट में आयकर की वर्तमान दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है व्यक्तिगत करदाताओं के लिए आयकर छूट की सीमा पांच लाख रूपये की गई है

रक्षा बजट पहली बार तीन लाख करोड़ रूपये से अधिक करने का प्रस्ताव किया गया है

चूंकि सरकार गरीबों पर विशेष ध्यान केन्द्रित कर रही है इसलिए इस बजट में यह सुनिश्चित किया गया है कि सबको अनाज मिले और किसी को भूखे पेट न सोना पड़े

वित्तमंत्री ने बजट भाषण में देश की अर्थव्यवस्था का जिक्र करते हुए कहा कि सकल घरेलू उत्पाद में पिछले पांच वर्षों में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की गई है और भारत विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभिनन्दनीय और सराहनीय बताते हुए कहा है कि यह किसानों मजदूरा व्यापारियों और नौजवानों के हित का बजट है

मैं प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनन्दन करता हूं

गो संरक्षण के लिये कामधेनु योजना एक अभिनन्दनीय योजना है इस देश का मध्यम वर्गीय हमेशा इस बात को कहता था कि इनकमटैक्स का जो स्लैब है इसको बढ़ाया जाये

प्रदेश के वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने बजट को किसानों नौकरीपेशा लोगों महिलाओं बेरोजगारों सभी के लिये सर्वजन हिताय बजट बताते हुए इसे राज्यों के लिये मार्गदर्शक करार दिया है

इसमें प्रत्येक वर्ग के साथ जो हैं केन्द्रीय वित्तमंत्री ने ध्यान रखा है सामान्य वर्ग के लिये जो नौकरी पेशा है उसके लिये किसान के लिये महिलाओं के लिये और कास्तकार के लिये सर्वजन हिताय कहा जाये तो ज्यादा अच्छा है और मुझे लगता है कि इस बजट से राज्यों के ऊपर और भार बढ़ेगा उनकी ड्यूटीस के बारे में उनके कर्तव्यों के बारे में अब केन्द्र सरकार ने हमको दिशा दे दी है अब राज्य सरकारों को उसके ऊपर तेजी से उस विकास के एजेंडों को आगे बढ़ाना है भाजपा सांसद जगदम्बिकापाल ने बजट को किसानों और आम जनता के लिये फायदेमंद बताया है

अर्थ शास्त्री एमकेअग्रवाल ने बजट को गेम चेंजर बताते हुए सभी के लिये फायदेमंद कहा है बाइट कहा जा सकता है कि यह बहत बड़ा जो है गेम चेन्जर हो सकता है

कानपूर में मर्चेन्ट चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष और उद्योगपति पदम कूमार जैन ने बजट को सभी के लिये लाभदायक और देश के लिये उन्नति देने वाला बताया है अमेठी जनपद में रेडियो के श्रोता प्रबोध श्रीवास्तव ने बजट को लोक कल्याणकारी कहा है बाइट आज केन्द्रीय वित्तमंत्री द्वारा लोकसभा में पेश बजट में किसानों के हित में हैं

भदोही जनपद के किसान अरूण कुमार ने छोटे किसानों के लिये बजट को लाभप्रद बताते हुए प्रधानमंत्री की तारीफ की है

विपक्ष ने केन्द्रीय बजट को भारतीय जनता पार्टी का च्रनावी बजट बताया है

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने बजट को किसान नौजवान विरोधी बताते हुए कहा है कि एक तरफ इनकम टैक्स लिमिट घटा कर द्रसरी तरफ महंगाई बढ़ा दी है

प्रदेश विधानमंडल का बजट सत्र पांच फरवरी से शुरू हो रहा है

विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप कुमार दुबे ने बताया है कि नये साल का पहला सत्र शुरू होने पर पांच फरवरी को ग्यारह बजे राज्यपाल राम नाईक विधानमंडल के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे सात फरवरी को प्रदेश क वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल बजट प्रस्ताव पेश करेंगे निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार यह बजट सत्र बाईस फरवरी तक चलेगा